ग्रुनानक देव के जन्मस्थल पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू हई नगर कीर्तन नौ सितंबर को राज्य में प्रवेश करेगी मुख्यमंत्री ने दिये आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश तेल और गैस खनन परमाण ऊर्जा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढाने और द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की उन्होंने हवाई और समुद्री संपर्क परिवहन ढांचा उच्च तकनीक बाहरी अंतरिक्ष और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढाने पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज ज्वेजदा पोत निर्माण संयंत्र देखने गये बाद में एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि ज्वेजदा यार्ड तक राष्ट्रपति पुतिन का उनके साथ जाना उनके विशेष सदभाव को दर्शाता है और वे इससे अभिभृत हैं इससे पहले प्रधानमंत्री दो दिन की रूस यात्रा पर आज सवेरे व्लादिवोस्तोक पहुंचे श्री मोदी पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में रूसी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गये हैं श्री मोदी कल मंच के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करेंगे

गुरुनानक सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के पांच सौ पचासवें प्रकाशपर्व के अवसर पर उनके जन्मस्थल ननकाना साहिब पाकिस्तान से शुरू हई अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन नौ सितंबर को मध्यप्रदेश में प्रवेश कर रही है यह कीर्तन राज्य के जिन जिलों में आयेगी वहां आवश्यक व्यवस्थाये करने के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये हैं

इस कीर्तन में बस को एक सुसज्जित सवारी का रूप दिया गया है यह नगर कीर्तन पंजाब हरियाणा उत्तराखंड उत्तरप्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से होता हुआ मध्यप्रदेश पहुंच रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ग्रुनानक देव ने सदैव मानवता का संदेश दिया उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज में फैली बुराइयों का खत्म करने के लिए संघर्ष किया गुरूनानक देव का पांच सौ पचासवां प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में गर्व के साथ मनाया जा रहा है उन्होंने यात्रा मार्ग पर पर्याप्त सुरक्षा सुविधा के साथ अन्य इंतजाम करने के प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिये हैं करतारपुर भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देने पर करतारपुर साहिब गलियारे के लिए भारत और पाकिस्तान सहमत हो गये हैं समझौते को अंतिम रूप देने के संबंध में आज अटारी में हुई तीसरे दौर की वार्ता में यह निर्णय लिया गया बताया गया है कि इस गलियारे के माध्यम से ओ ैसी आई कार्डधारक भारतीय मूल के तीर्थयात्री पवित्र ग्रूद्वारा करतारपुर साहेब के दर्शन कर सकेंगे करतारपुर दरबार साहेब को पंजाब स्थित गुरूदासपुर के डेरा बाबा नानक से जोड़ा जायेगा जो सिख तीर्थयात्रियों को वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा देगा सिंधिया उमंग राज्य में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रहे विवाद पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोनो पक्षों की बात सुनकर समाधान का रास्ता निकालना चाहिये श्री सिंधिया ने यह बात आज ग्वालियर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही वहीं मुख्यमंत्री की हिदायत के बाद वन मंत्री उमंग सिंघार ने आज कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी है श्री सिंघार ने आगे कहा कि पार्टी फोरम पर बात रखने के बाद इसके आगे उन्हें कुछ और नहीं कहना है गौरतलब है कि श्री सिंघार ने अपने पुराने आरोपों को दोहराने के अलावा कल पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर सरकार को ब्लैकमेल करने और शेडो सीएम की भांति काम करने के आरोप लगाए थे प्रदेश में कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं के बीच बयानबाजी और विवाद लगातार बढ़ता देख मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी से सार्वजनिक बयानबाजी से बचने को कहा था और वनमंत्री उमंग सिंघार को इस मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत भी दी थी अजा आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का दल आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामशंकर कथेरिया के नेतृत्व मे आज से राज्य के प्रवास पर है यह दल प्रवास के दौरान गृह वित्त नगरीय प्रशासन ऊर्जा स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर कामकाज की समीक्षा करेगा इस दल में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष और तीन सदस्य भी शामिल हैं

योजना के तहत इस महीने की आखिर तक छह हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों को वाई फाई सुविधा से जोड़ दिया जायेगा इस निशुल्क वाई फाई सुविधा का लाभ उठाते हए लोग नेट सर्फिंग वीडियो सहित ऑन लाइन काम भी कर सकेगें आकाशवाणी से बातचीत में रेल र्टेल के सीएमडी पुनीत चावला ने बताया कि अभी तक यह सुविधा चार हजार स्टेशनों पर है जिनसे पांच लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं

प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की नींव मजबूत करने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है शिक्षकों की गरिमा के अनुरूप उनके हितों पर भी ध्यान दिया जा रहा है हमारे सागर संवाददाता ने बताया है कि सागर जिले के शासकीय प्राथमिक बालक शाला बण्डा के प्रधानाध्यापक कर्ण सिंह राजपूत को राज्यपाल लालजी टंडन शिक्षक दिवस पर सम्मानित करेंगे लघु उद्योग प्रदेश के सभी जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस माह उद्यम समागम होगा समागम को सफल बनाने के लिये जिले के फोकस सेक्टर पर सेक्टोरल सेशन होगा

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्व रोजगार योजनाओं का प्रचार प्रसार जिले की एमएसएमई इकाइयों के उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी जिले में एमएसएमई इकाइयों से संबंधित सभी संस्थाओं की भागीदारी होगी समागम के लिये जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे

लैण्डर विक्रम का दूसरा और अंतिम डी आर्बिट मिशन आज सुबह सफलतापूर्वक पूरा हो गया

इसरो वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश विश्वास और उत्साह के साथ शनिवार की सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है जब लैण्डर विक्रम चंद्रमा की सतह को छयेगा मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है आज दिन भर राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर रुक रुककर बारिश का दौर जारी रहा जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ बादल छाने और बारिश का दौर जारी रहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दवाब के क्षेत्र और राज्य से गुजर रही द्रोणिका के कारण बारिश का सिलसिला जारी है